इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी दिये श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये जनता से सीधा जुडाव होना जरूरी है योजना का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे इसके लिये कार्यकर्ता को सभी संपर्क सुनिश्चित करना होगा

संवाद के दौरान केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा विधानसभा उपाध्यक्ष और शाहपुरा विधायक राव राजेन्द्र सिंह शाहपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे

उसके बाद हम सब स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जूड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का सार्थक प्रयास होगा

गणेश मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे है मोतीढूंगरी स्थित गणेश मंदिर में दर्शन के लिये लोगों की लम्बी कतारे देखी जा रही हैं इस अवसर पर लग रहे मेले और श्रद्वालुओं की मीड को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है इधर रणथम्मौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिये विशेष रेलगाडी भी चलाई गई है यहां लग रहे मेले में गणेश जी के जन्म की झांकी मुख्य आकर्षण बनी हुई है

पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह पोस्त वे भीलवाड़ा से लाये थे और सादुलशहर मे एक तस्कर के ठिकाने पर पहुंचाना था साद्रलशहर से यह पोस्त पंजाब भेजी जानी थी पूलिस तस्करों के नेटवर्क को पता लगा रही है इधर अलवर के उद्योगनगर में पुलिस ने नकली सोने के बिस्किट देकर ठगी करने के मामले में एक ईनामी बदमाश सहित दो लोगों गिरफ्तार किया अलवर के ही लक्ष्मणगढ में आबकारी पुलिस ने बडी कार्रवाई करते हुये एक जीप से भारी मात्रा मे स्प्रीट से बनी अवैध देशी शराब और शराब पैकिंग मशीन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया ै

इस डीलर ने गेहूं के वितरण का पोस मशीन में भी इन्द्राज नहीं किया था पुलिस मामले की जांच कर रही है